हादसे में झारखंड के भी चौदह लोग लापता हुये थे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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में कोविड महामारी के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी जैसी स्थिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढाया है

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तंत्र तैयार होगा

उन्होंने बताया कि देश में मरीजों की संख्या अब डेढ लाख से नीचे आ गई है जो कल मरीजों का एक दशमलव तीन चार प्रतिशत है इसमें लगातार कमी आ रही है

कोरोना संक्रमण को देखते हए सत्र संचालन के दौरान कई एहतियातन उपाय किये जा रहे हैं विधान सभा सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि बगैर कोरोना जांच कराये कोई भी सदस्य बजट सत्र में शामिल नहीं हो पायेगा

पत्रकारों को भी बगैर कोविड टेस्ट कराये प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है गौरतलब है कि देश के कई स्थानों पर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं झारखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विधानसभा सचिवालय की ओर से यह गाईडलाइन जारी की गई है

इसके साथ ही निर्देश दिया है कि अभी स्कूलों की परीक्षाएं ऑन लाइन ही होंगी सिर्फ बोर्ड की परीक्षाएं ही ऑफ लाईन होंगी राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने पहली मार्च से कक्षाओं में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही राज्य में कोचिंग संस्थानों को भी ऑफ लाईन क्लसा लेने की अनुमति दे दी गई है

सभी पार्कों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है

नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने आदेश दिया है कि अगले सात दिन के अंदर इन भवनों को सील किया जाये इसके साथ ही भवन मालिकों को एक लाख रूपये से लेकर दस लाख रूपये तक जुर्माना भी लगाया जाये जानकारी हो कि बड़ा तालाब के किनारे बनाये गए भवनों का सर्वे कराया गया था इसके बाद इन भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया था इन्हें पंद्रह दिनों के अंदर भवन का नक्सा और अन्य कागजात जमा करने को कहा गया था

इस पर नगर आयुक्त की अदालत ने एक कार्रवाई करते हुए भवनों को सील करने और तोड़ने का आदेश दिया है भारतीय निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज आयोग पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगा शुक्रवार को निर्वाचन उपायुक्त सुदीप जैन चुनावी तैयारियों को देखने के लिए कोलकाता जाएंगे इस दौरान वे जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठकें करेंगे

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की आज दूसरी सालगिरह है

पीएम किसान योजना की शुरूआत देश भर के सभी किसानों के परिवारों को सहायता प्रदान कर आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी भारत और इंग्लैंड के बीच चार क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेला जायेगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गिरिडीह जिला प्रशासन ने अच्छा प्रयास किया है

यह मेला वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा

उत्तराखंड के चमौली में गलेशियर फटने से लापता हुए लोगों के परिजनों को जल्द ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की हैं

प्रभात खबर ने लिखा है कि सिर्फ बोर्ड परीक्षा ही ऑफलाईन होंगी अन्य कक्षाओं की परीक्षा ऑनलाईन लेनी होंगी वहीं दैनिक भास्कर ने किसान आंदोलन से जुड़े ट्रलकिट मामले में दिशा रवि को जमानत मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने हिन्दू विवाहिता के उत्तराधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर मायके पक्ष के उत्तराधिकारी भी परिवार का हिस्सा शीर्षक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

वहीं रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में दिये गए संबोधन पूरे आत्मविश्वास के साथ आगें बढ़ें छात्र शीर्षक से प्रकाशित किया है